राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड के लिप्लेख में सीमा सड़क संगठन दवारा बनाई गई सड़क प्री तरह से भारतीय क्षेत्र में है आज उत्तराखंड जन संवाद वर्च्अल रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का घनिष्ठ रिश्ता है और द्रनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती रक्षा मंत्री ने कहा कि सड़क को लेकर दोनों देशों के बीच यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत के जरिये स्लझा लिया जाएगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के पिछले एक वर्ष में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि द्रनिया में भारत की साख बढ़ी है

उन्होंने भराड़ीसैंण में स्थापित कोविड केयर सेंटर की सराहना की उन्होंने गौरा देवी कन्याधन योजना और घर लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को महत्वपूर्ण बताया

उत्तराखंड जनसंवाद रैली में म्ख्यमंत्री ने बताया कि पलायन को रोकने के लिए प्रदेश में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया है इसके तहत प्रदेश के द्रस्थ क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है

इस महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है

साथ ही सभी जिलों में आईसीयू की व्यवस्था की गई है इस वर्चअल रैली में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत प्रदेश के सभी सांसद और मंत्री जुड़े थे मंडी खली राजधानी देहरादून की सबसे बड़ी सब्जी मंडी को आज खोल दिया गया है

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पूरी सब्जी मंडी को सैनिटाइज करने के बाद ही खोला गया है उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में सावधानी बरतने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं

आज नैनीताल टिहरी पौड़ी और रुद्रप्रयाग से तीन तीन पॉजिटिव मामले सामने आये हैं जबकि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के दो दो और अल्मोड़ा का एक मामला है अभियान हरिदवार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हरिदवार जिला प्रशासन ने एक अभियान शुरू किया है जिसके तहत घर घर जाकर सर्वे कर बच्चों और ब्ज्र्गों का पता लगाया जाएगा आज सर्विलांस और सर्वे के लिए आशा और आंगनबाड़ी की टीम का गठन किया गया टीम के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया अभियान के तहत किये जाने वाले इस सर्वे में आशा वर्कर्स के जरिए जिले में सभी लोगों का डाटा इकद्वा किया जाएगा जो भी बच्चे ब्ज्र्ग या गर्भवती महिला किसी बीमारी से पीड़ित है उनके स्वास्थ्य की लगातार जानकारी ली जाएगी अगर उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाते हैं तो उन्हें इलाज के लिए भेजा जाएगा ताकि उनके आस पास रहने वाले लोग भी स्रक्षित रहे

प्लिस महानिदेशक ने उन्हें प्लिस विभाग की वर्तमान परिस्थितियों और सामाजिक समस्याओं के बीच अपनी भूमिका को रेखांकित करते हए भविष्य के लिए तैयार रहने को कहा

देहराद्रन से लखनऊ के लिए रोज फ्लाइट संचालित होंगी

कोलकाता के लिए भी जल्द फ्लाइट होने की उम्मीद है देहराद्रन एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है केवीएस चंपावत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ट्वीट के माध्यम से बताया कि उत्तराखंड के चंपावत सहित उत्तर प्रदेश और झारखंड में नये केंद्रीय विदयालय का संचालन इसी सत्र से होगा इस घोषणा के बाद केंद्रीय विदयालय संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी है चंपावत जिले में नया केंद्रीय विदयालय खोलने की घोषणा पर यहां के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री का आभार जताया है नये विदयालय के संचालन के नोडल अधिकारी केंद्रीय विदयालय लोहाघाट के प्राचार्य डॉक्टर बी डी ओली ने बताया कि नया केंद्रीय विदयालय एस एस बी पंचम वाहिनी मुख्यालय में संचालित होगा शुरुआत में यहां पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में प्रवेश होगा शिक्षण संस्थानों को खोलने के आदेश के बाद यहां प्रवेश प्रक्रिया श्रू हो जाएगी

आय्ष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने इस वर्ष घर से ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है आय्ष मंत्री ने लोगों से अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है

मौसम राजधानी देहरादून समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश ह्ई मौसम विभाग के मुताबिक अगले क्छ दिनों तक मौसम का यही रुख देखने को मिलेगा कल नैनीताल और पिथौरागढ़ समेत क्माऊं के क्छ हिस्सों में बारिश हो सकती है साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं